विपक्ष का कम से कम पचास प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मतदान पुष्टि पर्चियों से औचक मिलान करने का अनुरोध नामंजूर करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना पूर्व निर्णय बदलना नहीं चाहते

राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर जिले के घाटल में आयोजित रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो अवैध घूसपैठ रोकने के लिए देशभर में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर शुरू किया जायेगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखण्ड में चाइबासा में चुनावी सभा को संबोधित किया

इस दल को प्राचीन पैदल यात्रा मार्गों को पुनर्जीवित करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद ने लगभग एक महीने के सर्वेक्षण पर भेजा है देहरादून से स्याना चट्टी होते हुए यह दल पैदल मार्ग से यमुनोत्री पहुंचा और वहां से जानकी चट्टी सीमा दरवा पास डोडीताल संगमचट्टी होते हये दल गंगोत्री पहुंचा दल ने यमुनोत्री और गंगोत्री के पैदल मार्ग में पड़ने वाले प्राकृतिक सौन्दर्य और वन्य जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित किया है इसके अलावा मार्ग में पड़ने वाले पड़ावों चट्टियों और गांवों की भी पहचान की गयी है साथ ही सीमा और दरवा क्षेत्र में दल ने होम स्टे योजना के विकास की सम्भावना तलाशी है सर्वेक्षण दल द्वारा पैदल मार्ग की जैव विविधता संपदा और संस्कृति का अभिलेखीकरण भी किया जा रहा है गंगोत्री से गढ़वाल आयुक्त बीवीआरसी पुरुषोत्तम और अन्य अधिकारियों ने दल को केदारनाथ और बद्रीनाथ की पैदल यात्रा के लिए रवाना किया सर्वेक्षण दल लाटा बेलक बूढ़ाकेदार भैरों चट्टी घुत्तू पंवाली कांठा त्रिजुगीनारायण और गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ पहुंचेगा

मंडल आयुक्त दौरा गढ़वाल मण्डल आयुक्त बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने गंगोत्री का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए अधिकारियों को महिला स्नानघर की सफाई करवाने और सुलभ शौचालय की जानकारी के लिए बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गढ़वाल आयुक्त ने गंगोत्री धाम में मंदिर समिति के सदस्यों से व्यवस्थाओं प्रसाद स्नानघाट बिजली पानी आदि की जानकारी ली इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों की दुकान का का भी शुभारंभ किया आईएफएमएस प्रशिक्षण बागेश्वर जिले में उपकोषागार गरुड़ कपकोट कांडा और दुगनाक़्री के आहरण वितरण अधिकारियों और कार्यालय पटल सहायकों को नई वित्तीय प्रणाली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फाइनेंशियल सिस्टम यानि आईएफएमएस का प्रशिक्षण दिया गया वरिष्ठ कोषाधिकारी नीतू भंडारी ने नई वित्तीय प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत सभी कार्य पेपर रहित होने हैं शासनादेश के अनुसार भुगतान ऑनलाइन कर दिए गए हैं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभागीय बजट के वेतन और बिजली पानी से संबंधित मानक मदों का बजट ग्लोबल बजटिंग के तहत विभागाध्यक्ष के डिस्पोजल पर रख दिया गया है ताकि मदों का त्वरित भुगतान हो सके उन्होंने बताया कि आईएफएमएस प्रणाली लागू होने से कार्मिकों की सेवा पुस्तिका वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अवकाश आदि सभी दस्तावेज ऑनलाइन किए जाएंगे

विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्दालुओं के लिए आज खुल गये

गंगोत्री धाम में गढ़वाल कमिश्नर बीवीआरसी पुरुषोत्तम प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत और पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण सहित बड़ी संख्या में श्रद्वालु कपाट खुलने के अवसर पर उपस्थित थे सुबह भैरव मंदिर से मां गंगा की डोली नौ बजे गंगोत्री धाम पहुंची इसके बाद विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई गंगा लहरी पाठ किया गया इसके बाद कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिये गये अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर लगभग दस हजार श्रद्धालुओं ने गंगोत्री के दर्शन किये वहीं यमुनोत्री धाम में लगभग सात हजार श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किये

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड श्रद्दालुओं के स्वागत के लिए सदैव तत्पर है देवभूमि उत्तराखंड ने हमेशा आने वाले श्रद्वालुओं को देवतुल्य माना है वहीं देश के विभिन्न कोनों से पहुँचे यात्रियों ने उत्तराखंड आकर खुशी जाहिर की

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ रविंद्र थपलियाल ने बताया डाक्टरों के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है

यात्रा रूट पर बनाए गए हेल्थ पोस्ट पर इनकी तैनाती रहेगी किसी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित सीएमओ को निर्देश जारी किये गये हैं राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी एसडीआरएफ भी चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपात रिथति से निपटने को तैयार है जौलीग्रांट स्थित मुख्यालय में एसडीआरएफ की कमांडेंट तृप्ति भट्ट ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर टीम उन सभी अत्याधुनिक उपकरणों के साथ तैनात है जो आपदा के समय काम आते हैं गाड़ू घड़ा रवाना इस बीच चमोली जिले में लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर में पूजा अर्चना के बाद गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा आज नृसिंह मंदिर जोशीमठ के लिए रवाना हुई कलश यात्रा सिमली कर्णप्रयाग लंगासू नन्द प्रयाग चमोली और पीपलकोटी होते हुए जोशीमठ पंहची इस दौरान रास्ते में जगह जगह लोगों ने गाड़ घड़ा का स्वागत कर पूजा अर्चना की कल गाडू घडा आदिगुरू शंकराचार्य जी की गद्दी और रावल जी सहित श्री योगध्यान बदरी मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचेगा पांडुकेश्वर से नौ मई को गाडू घड़ा आदि गुरू शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी श्री उद्वव जी श्री कुबेर जी श्री रावल और श्री ईश्वरा प्रसाद नंबूदरी सहित बदरीनाथ धाम पहुंचेगे